राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय प्लिस सेवा राष्ट्रीय प्रणाली के स्दृढ़ स्तम्बों में से एक है और ये आम लोगों का प्लिस में भरोसा व्यक्त करती है

उनका प्राथमिक कर्तव्य आम नागरिकों की सेवा करना और गरीबों के लिए न्याय स्निश्चित करना है उन्होंने कहा िक प्लिस अधिकारी आम नागरिक के केवल अभिभावक ही नहीं बल्कि कानून के रखवाले भी है श्री कोविंद ने कहा कि प्लिस बलों को अपराध कम करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड़ ने कहा है कि देश की लोकतांत्रिक जड़ो को मजबूत करेन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है इलाहबाद उच्च न्यायालय की इमारत के उदघाटन अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका जल्द और निष्पक्ष न्याय स्निश्चित कर ऐसा कर सकती है उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायापलिका मे जितने लम्बित मामले है उनके लिए लोक अदातों ग्राम न्यायालयों और त्वरित न्यायालयों जैसे नए विकल्पों का प्रयोग किया जाना चाहिए

हरियाणा के राज्यपाल ने कहा है कि य्वा पीढ़ी किसी भी देश की रीढ़ होती है इसलिए राष्ट्र की इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए य्वाओं को वैश्विक समझ के साथ संस्कारवान बनाना होगा

यही वर्ग देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और प्रत्येक प्रकार की सांस्कृतिक शैक्षणिक व सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है

उन्होंने कहा कि हर गांव में बिना भेदभाव व सबका साथ सबका विकास के सिद्वांत पर चलते हए ग्रांट दी है पदयात्रा में शामिल स्पीकर व लोगों पर महिलाओं ने घरों के छतो से प्ष्प वर्षा करके स्वागत किया

ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों को सम्बोधित करते हए कहा कि इस केन्द्र के बनने से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ मिलेगा किन्त् यह केन्द्र विशेषकर दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए वरदान साबित होगा इस केन्द्र का म्ख्य उद्देश्य किसानों को ट्रैनिंग के माध्यम से नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनको कम क्षेत्रमें अधिक पैदावार लेने व बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना है उन्होंने किसानों से आहवान किया कि वे किसान समूह बनार खेती करे और अपने उत्पाद की स्वंय मार्किटग करे इससे उन्हें अपनी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा

सोने चांदी के नग भी माता को भेंट स्वरूप् चढ़ाए गए रोज़ाना हज़ारों गिनती में श्रद्वाल् आ रहे है महाधिवक्ता बलराज ने अपने परिवार सति माता मनसा देवी मंदिर में प्जा अर्चना की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीश ए के मित्तल ने कहा है कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गरीब परिवारों को निश्ल्क कानूनी जानकारी देने के लिए जागरूता शिविरों का आयोजन कर रहा है नवरात्र मेले के दौरान माता मनसा देव परिसर में लगे हए जागरूक्ता शिविर का अवलोकन करने के बाद श्री मित्तल कहा कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे जानकारी देने के लिए प्राधिकरण दवारा विशेषकर आश्विन एवं चैत्र माह में आयोजित नवरात्र मेले के दौरान शिविर आयोजित किए जाते है शिविर में लोगों को एटीएम का उपयोग सावधानी से करने तथा अपना पासवर्ड किसी को भी न बताने के लिए जागरूक किया जा रहा है करनाल इन्द्री सडक पर मगल माजरा टी प्वाईट पर खाई में गिरी रोडवेज बस हादसे में कल रात चार लोगों मौत हो गई

आज चंडीढ़ में दो और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या चार हो गई है बस में लोग छत पर बैठ कर भी सफर कर रहे थे जो सवारिया ऊपर छत और बस की अगली सीटों पर बैठी थी वे ज्यादा गंभीर है पंजाब के राज्यपाल बी पी सिंह बदनौर ने कहा है कि यदि विदयार्थी सही लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ते है तो वे वांछित मुकाम हासिल कर सकते है इसलिए विदयार्थियों को अपना लक्ष्य पहले ही निश्चित करना चाहिए

समारोह में विभन्न ट्रेड मे गोल्ड व रजत विजेताओं को मैडल पहनाकर प्रस्कृत किय गया हरियाणा का राज्य स्तरीय नम्बरदार सम्मेलन कल हिसार में किया जायेगा जिसमें म्ख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर म्ख्य अतिथि शिरकत करेंगे

नम्बरदारों को सम्मेलन में लाने व जे जाने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है

हिसार प्लिस ने हिसार सिरसा और फतेहाबाद में बाईक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है प्लिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चोरी की पांच मोटरसाईकल बरामद हुई है